राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानन्द की जयंती प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिरमौर ज़िले ने देशभर में हासिल किया दूसरा स्थान

सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा ने आज प्रदेशभर में जन जागरण अभियान चलाया

पालमपुर में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मामले को राजनीतिक रंग देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं

पूर्व सांसद शांता कुमार शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि ज़रूरतमंदों के उत्थान के लिए हिमोत्कर्ष संस्था लगातार प्रयासरत है ऊना ज़िले के कोटला खुर्द में आज संस्था के राज्यस्तरीय अधिवेशन में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि हिमोत्कर्ष परिषद अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन को चरितार्थ कर रही है समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे

इसके अलावा विभिन्न कक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है वे पालमपुर में आज स्वामी विवेकानन्द जयंती पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और सार्वभौमिक भाईचारे व समानता में विश्वास रखते थे समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने भी अपने विचार रखे युवा दिवस देशभर में स्वामी विवेकानन्द की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई भारत के महान आध्यात्मिक गुरूओं में से एक स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत करवाया

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए इस बीच राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वामी जी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनके कहे शब्द आज भी युवाओं में जोश भरते हैं राज्यपाल ने युवा पीढ़ी से नशे की बुराई से दूर रहने और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की शपथ लेने का आह्वान किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले के कुटलैहड़ क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने आज बंगाणा में स्थानीय लोगों के साथ लोहड़ी उत्सव मनाया और सभी से क्षेत्र के विकास में सहयोग का आहवान किया वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुटलैहड़ क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय जनता को करोड़ों रूपए की सौगात देंगे

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे सम्मान सिरमौर जिले को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए उपायुक्त आरके परूथी को जल शक्ति मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अययर ने आज नई दिल्ली में सम्मानित किया

उन्होंने इस दिशा में सभी पंचायतों महिला व युवक मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों से प्रशासन का सहयोग करने का आहवान किया है मौसम प्रदेश में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने एकबार फिर करवट ली है लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू और चम्बा ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है

लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद जनजीवन अभी भी प्रभावित है और संचार सेवाएं भी बाधित चल रही हैं किन्नौर जिले में भी ताजा बर्फबारी से राहत कार्यों में रूकावट आ रही है शिमला ज़िले में अधिकतर मार्गों से प्रशासन ने बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है लेकिन सड़क पर फिसलन के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला और चम्बा ज़िलों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ऐहतियात बरतने की अपील की है बैठक मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए आज शिमला में उपायुक्त अमित कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि शिमला ठियोग मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्ग सुचारू रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रेत डाला जाएगा उपायुक्त ने बताया कि शिमला शहर में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है लेकिन विक्ट्री टनल लक्कड़ बाज़ार संजौली सड़क पर यातायात बाधित है उन्होंने कहा कि शिमला रामपुर सड़क नारकण्डा के पास बंद है और परिवहन निगम की बसें धामी व मशोबरा से भेजी जा रही हैं आरोप उधर किन्नौर जिला युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप नेगी ने कहा कि जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है और इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि विभागों में कर्मचारियों की कमी के चलते लोगों को पिछले कई दिनों से बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है जीएसटी सोलन जिला आबकारी व कराधान विभाग द्वारा जीएसटी रिटर्न न भरने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है

बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये पर्व लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा